पीएम फिट इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान कल फिटनेस को बढ़ावा देने वालों और नागरिकों के साथ बातचीत करेंगे फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है ऑनलाइन बातचीत में प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करते हए स्वयं की फिटनेस यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे संवाद में विराट कोहली से लेकर मिलिंद सोमन और रुजुता दिवेकर जैसी हस्तियां भाग लेंगी प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गये इस जन आंदोलन का उद्देश्य देश के नागरिकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है पिछले वर्ष से फिट इंडिया अभियान की शुरुआत के बाद देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें देशभर से विभिन्न वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है करीब साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने द फिट इंडिया फ्रीडम रन प्लग रन साइक्लोथॉन फिट इंडिया वीक फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कई कार्यक्रमों में भागीदारी की है सीएम संबल योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी संबल योजना का लेकर आज कहा कि संबल योजना जरूरतमंद गरीबों को सहारा देने वाली योजना है जिस पर निरंतर अमल किया जाएगा

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण को सर्वोपरि मानती है उन्होंने कहा कि संसाधनों का समान वितरण कर जरूरतमंद गरीबों को सहारा देने वाली संबल जैसी व्यावहारिक योजना को पूर्व सरकार ने बंद कर दिया था जन्म के पूर्व से लेकर असामयिक मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली संबल योजना पर निरंतर अमल किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले तीन साल में सभी को पक्का मकान मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जो हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हैं उन्हें भी इसका लाभ दिलवाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने मंदसौर गुना सागर रायसेन और भिंड के हितग्राहियों से बातचीत भी की हमारे रायसेन संवाददाता ने बताया है कि संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने सांची की हितग्राही साधना को पक्का मकान देने के लिये रायसेन कलेक्टर को निर्देशित किया

जिससे कि भविष्य में होने वाली सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में अतिथि विद्वानों को लाभ मिल सके डॉ यादव ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बात कही

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सड़कों पर निकलकर लोगों से मॉस्क पहनने की अपील की

मौसम प्रदेष के अधिकांष हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है राजधानी भोपाल में आज रूक रूककर बारिश जारी रही इससे तापमान में गिरावट आई है

वहीं मौसम विभाग ने आज सागर सभाग के जिलों में तथा विदिशा रायसेन होशंगाबाद बैतूल खरगोन बड़वानी अलीराजपूर इंदौर उज्जैन रतलाम अशोकनगर शिवपुरी रीवा सतना उमरिया कटनी और जबलपुर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है वहीं रीवा सागर इंदौर उज्जैन होशंगाबाद भोपाल ग्वालियर संभागों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है

इसकी तैयारियों को लेकर गाईडों का प्रशिक्षण चल रहा है

कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरओबी न खूलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

इस दौरान वे महाविद्यालयों के प्राचार्य के साथ बैठक भी लेंगे

नमस्कार